उपराष्ट्रपति प्रेस दिवस उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि प्रेस की आजादी पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार के लिए वीडियो संदेश में श्री नायड् ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस के बिना जीवित नहीं रह सकता उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने में हमेशा अग्रणी रहा है श्री नायड़ ने मीडिया से आग्रह किया कि वे रिपोर्टिंग करते समय निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता और सटीकता का हमेशा ध्यान रखें उन्होंने कहा कि मीडिया को सनसनी फैलाने और समाचारों तथा विचारों का घालमेल करने से भी बचना चाहिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया

आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया जिस का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी जवाबदेही वाली आजादी है श्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया का यह दायित्व है कि वह उत्तरदायी तरीके से अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को बधाई दी है नीतीश शपथ नीतीश कुमार ने आज बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल फागु चौहान ने राजभवन में श्री कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई भाजपा नेता तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए

कुपोषण मदद सुपोषित प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए कुपोषण जैसे गंभीर विषय पर समुदाय एवं परिवार की सहभागिता पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इसके तहत पोषित परिवार सुपोषित मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अन्तर्गत अति गंभीर कृपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों के परिवार को बच्चे के पोषण स्तर में उनके सक्रिय प्रयास से आयें सुधार के लिए प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जायेगा महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर अवगत कराया है

गिद्ध गणना हमेशा से ही गिद्वो को इकों सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है हालांकि पिछले कुछ वर्षो में इनकी संख्या में काफी कमी आई है वर्तमान में मध्यप्रदेश में कितने गिद्ध बचे हैं और इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए इसके लिए गिद्वों के आवासों का राज्य में सर्वे शुरू हो गया है

श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे बैठक में उन्होंने मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब सेंटर फॉर पेरिशबल कार्गो उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन आधुनिकीकरण मुद्रीकरण एवं लॉजिस्टिक्स संचालन का डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किये जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की

जन आंदोलन वरिष्ठ पत्रकार सुनील नाहर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह ने बताया कि शहर हित को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर वासियों ने सार्वजनिक जलकृंड तालाब कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देने का निर्णय लिया है

श्री सिंह ने बताया कि आपसी सहमति से इस बार सभी समाजजन घर पर ही पर्व मनाएंगे भाईदूज भाई दूज के साथ ही पांच दिवसीय रौशनी का पर्व दीपावली आज समाप्त हो रहा है भाई दूज पर बहनें व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं यह त्यौहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है टीकमगढ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला जेल में भी आज भाई दूज का पर्व मनाया गया जहां कैदी भाईयों को तिलक करने आई बहनों ने कसम ली की वो आगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें जेल में दिन गुजारने पड़े छिंदवाड़ा में भी दूज का पर्व परम्परागत रूप से मनाया देवास आगरमालवा खंडवा धार सहित विभिन्न जिलों में भाई दूज का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रेल सुविधा दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए लोगों को त्यौहार पर घर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे बिहार रुट पर पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है दीपावली मनाकर लौट रहे लोगों के लिए भी हबीबगंज से रीवा और पटना के लिए ट्रेनें चलेंगी इसके अलावा छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए भोपाल से पटना के लिए फिर पूजा स्पेशल ट्रेनें मिलेंगी

सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने नवीन पात्रता पर्चियों का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में तीन दिवस में शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार